प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की जनता ने उन्हें न्यू इंडिया के निर्माण के लिये शानदार जनादेश दिया है श्री मोदो आज पेरिस में यूनेस्को भवन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे इससे पहले कल फ्रांस पहुंचे श्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रॉ के साथ बैठक में आपसी हितों पर बातचीत की वार्ता के बाद अपने वक्तव्य में उन्होंने सीमा पार से आतंकवाद से लडने में फ्रांस के समर्थन की सराहना की और इस क्षेत्र में शांति के लिए काम करते रहने का संकल्प व्यक्त किया भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमारात जा रहे हैं जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द जायद से सम्मानित किया जाएगा वे अबुधाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से भी बातचीत करेंगे और विदेश में नकदी रहित लेन देन की प्रणाली बढ़ाने के लिए रुपे कार्ड की औपचारिक रूप से शुरूआत करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किये गये नये मंत्रियों को कल देर रात विभाग आवंटित कर दिये हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सुरेश खन्ना प्रदेश के नये वित्त मंत्री होंगे इसके अलावा वह चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी निभायेंगे

राम नरेश अग्निहोत्री को आबकारी और मद्य निषेध विभाग दिया गया है जबकि कमला रानी वरूण प्राविधिक शिक्षा भूपेन्द्र सिंह चौधरी पंचायती राज नन्द गोपाल गुप्ता नंदी अल्पसंख्यक कल्याण राजेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम्य विकास जय प्रताप सिंह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होंगे सूर्य प्रताप शाही कृषि सतीश महाना औद्योगिक विकास दारा सिंह चौहान वन एवं पर्यावरण रमापति शास्त्री समाज कल्याण मुकुट बिहारी वर्मा सहकारिता तथा बृजेश पाठक को विधि विभाग के साथ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की ज़िम्मेदारी दी गई है इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों में सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास कार्यो को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है श्री योगी कल वाराणसी में विकास कार्यो और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता ह उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिये कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई जाये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वाराणसी में पूरी दुनिया से लोग बड़ी संख्या में आते हैं और पिछले चार पांच वर्षो के दौरान यहां विकास के अनेक काम किये गये हैं राज्य सरकार केन्द्र की सभी योजनाओं को सफलता के साथ लागू कर रही है जिसका प्रभाव धरातल पर भी दिख रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी की विश्व स्तर पर विकास और सुविधाओं की दृष्टि से ख्याति फैली है जिसके नतीजे में दो वर्षो के दौरान लगातार पर्यटकों की संख्या में कई गुना इज़ाफ़ा हुआ है समीक्षा के दौरान श्री योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुसहरों को मकान देने के साथ साथ सड़क सुरक्षा बालिका सुरक्षा जागरूकता यातायात जागरूकता और मादक द्रव्य विरोधी अभियान चलाने का निर्देश भी दिया वाराणसी के दो दिवसीय दौरे में कल देर रात मुख्यमंत्री ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरीडोर के कार्यो का निरीक्षण भी किया

श्री सिंह ने युद्ध स्मारक स्मृतिका में माल्यार्पण समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया बाद में श्री सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा से परिचालन और प्रशासनिक विषयों पर जानकारी हासिल की

सेन्टर में आयोजित बड़ा खाना के दौरान श्री सिंह ने रक्षाकर्मियों और रंगरूटों के साथ बातचीत की रक्षा मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के तीन दिवसीय प्रवास के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाक़ात के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे

प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमो कल मनाई जायेगी हालांकि कुछ जगहों पर आज भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है श्रद्धालु अपने अपने घरों में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण के अवतरण का मुख्य कार्यक्रम उनकी जन्मस्थली मथुरा में कल होगा प्रदेश के सभी पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी के लिये विशेष बंदोबस्त किये गये हैं और वहां कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के प्रति ख़ासा उत्साह देखा जा रहा है मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण उत्सव आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहां जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेंगे मंदिर को दिव्य और भव्य रूप देने के लिये फूलों से सजाया गया है इस अवसर पर अपने आराध्य नन्दलाल के अवतरण की झलक पाने के लिये देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के आने का सिलसिला जारी है और पूरा शहर धार्मिक उल्लास में अभी से डूब चला है जन्माष्टमी के मद्देनज़र सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था की गई है पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार मीणा ने बताया है कि वृंदावन में भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए नगर को सोलह भागों में बांटा गया है मंदिर के चारों तरफ़ बैरिकेडिंग करने के साथ साथ मंदिर तक पहुंचने के लिये एक तरफ़ा यातायात व्यवस्था लागू की गई है कन्नौज में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है ज़िले भर के धार्मिक स्थलों में और घर घर में राधा कृष्ण की दिव्य झांकियां सजाई गई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यह सिलसिला कल देर रात तक जारी रहेगा केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण से निपटने के लिये पोषण अभियान में चौवालीस करोड़ लोगों शामिल करने का लक्ष्य रखा है यह बात महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कही उन्होंने कहा कि यह पोषण अभियान अगले माह एक महीने तक के लिये शुरू किया जायेगा इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने पोषण अभियान को बढ़ावा देने और देश के सभी परिवारों को इससे लाभ पहुंचाने में योगदान करने के लिये राज्यों ज़िलों ब्लॉको और आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों को पोषण अभियान पुरस्कार प्रदान किये

श्रीमती ईरानी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सभी पक्षों की सहायता से कुपोषण की चुनौतियों से निपटा जायेगा और देश कुपोषण मुक्त हो जायेगा इन पुरस्कारों का उद्देश्य कुपोषण से निपटने के लिये जागरूक करने में संबंधित प्रमुख पक्षों को प्रेरित करना और बड़े पैमाने पर इस कार्य में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को कटौती रहित और सुलभ बिजली मुहैया कराने के लिये विद्युत उत्पादन इकाईयों की क्षमता बढ़ाने और उत्पादन लागत घटाने की कार्य योजना पर काम कर रही है सरकार के इस कदम से बिजली उत्पादक इकाईयों का प्लांट लोड फ़ैक्टर बढ़कर लगभग उन्यासी प्रतिशत हो गया है और विद्युत उत्पादन लागत में भी तीन रूपया ग्यारह पैसे प्रति यूनिट तक की कमी लाई गई है